कहा पूर्णबंदी सफलता से लागू करने में कुछ वर्गो की सकारात्मक भूमिका

प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में कहा कि छोटे व्यवसायियों और दुकानदारों ने पूर्णबंदी के दौरान व्यवस्था बनाये रखने में महत्वपूर्ण सहयोग किया है उन्होंने कहा कि कुछ वर्गो की सकारात्मक भूमिका के कारण ही पूर्णबंदी सफलता से लागू की जा रही है श्री मोदी ने कहा कि यह सोचना भी कठिन है कि यदि छोटे व्यवसायियों और दुकानदारों ने जान जोखिम डाल कर लोगों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्य नहीं करायी होती तो स्थिति क्या होती प्रधानमंत्री ने कहा कि देश राष्ट्र के प्रति दुकानदारों की सेवा हमेशा याद रखेगा

राज्यों को लिखे पत्र में मंत्रालय ने कहा है कि कुछ राज्य ऐसी गतिविधियों की अनुमति दे रहे हैं जो गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशो के अंतर्गत स्वीकृत नहीं है

स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसक घटनाओं व्यक्तिगत सुरक्षित दूरी और शहरी क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही नियमों के उल्लंघन के समाचार मिले हैं

द्मका जिले में कोरोना वायरस से संक्रमण का अब तक कोई मरीज नहीं मिला है

बोकारो जिले की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए आज से कुछ आवश्यक शर्तो के साथ कई तरह के कार्यो को छूट दी गई है उपायुक्त मुकेश क्मार ने कल संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर विचार विमर्श किया उन्होंने कहा कि जान है जहान है के तहत मनरेगा मुर्गी पालन और कृषि कार्यो के लिए गृह मंत्रालय की गाइडलाइन्स के अनुसार छूट दी जाएगी इसके अलावा पेयजल से संबंधित कार्य ग्रामीण सड़क और कृषि कार्य से जुड़ी मशीनरी कार्यो को शुरू करने का निर्देश दिया गया है

कोरोना संकट के दौरान सोषल साइट्स पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर सीधी कार्रवाई हो रही है चतरा जिले से अबतक ऐसे मामलों के तीन आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर दो को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है एसपी अखिलेश बी वारियर ने संवाददाताओं को संबोधित करते कहा कि ऐसे अपराधियों की गतिविधियों पर पुलिस की कड़ी नजर है इसके लिए निगरानी टीम भी गठित की गई है केन्द्र सरकार के निर्णय से सरायकेला खरसावां जिले के किसानों में ख्शी की लहर लौट आयी है किसान खेतों पर काम करते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ध्यान रख रहे है

क्वारें टाइन की अवधि समाप्त होने और पुनः उनके स्वाब का रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद आज उन्हें जेल भेज दिया गया है

ट्ररिज्म वीजा पर भारत आकर यहां बगैर अनुमति के धर्म प्रचार करने के आरोप सहित अन्य आरोपों के तहत विदेश अधिनियम और महामारी अधिनियम की धारा के तहत इन्हें न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया झारखंड राज्य आजीविका मिषन की स्वयं सहायता समूह की दीदियों द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए उपयोग में लाये जाने वाले मास्क और सैनिटाईजर का उत्पादन और बिक्री सभी जिलो में जोर शोर से की जा रही है ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी उपलब्धता कराई जा रही है सोसाइटी की जिला प्रबंधन इकाइयों और सभी जिलों के सिविल सर्जन की देखरेख में यह उत्पादन किया जा रहा है स्वयं सहायता समूहों द्वारा बीस रुपये में मास्क और साठ रुपये में साठ एमएल सैनिटाईजर की बिक्री की जा रही है

आईसीएमआर निरन्तर सरकारी और निजी केन्द्रों में जांच सुविधा बढाने के लिए मंजूरी दे रही है

सर गंगा राम अस्पताल नई दिल्ली की सीनियर कंसलटेंट डॉक्टर माला श्रीवास्तव इस परिचर्चा में हिस्सा लेंगी

रिम्स प्रबंधन ने आज से ई ओपीडी सेवा की शुरुआत की है इसके लिए टॉल फ्री नंबर और व्हाट्सएप नंबर जारी किया है

इसके बाद बीमारी के अनुसार संबंधित डॉक्टर मरीज को व्हाट्सएप पर चिकित्सा परामर्श देंगे

पश्चिमी सिंहभूम जिले में सोनुवा थाना क्षेत्र के कुईड़ा गांव के पास नक्सलियों ने एक ग्रामीण की गोली मारकर हत्या कर दी है पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महथा ने बताया कि मृतक के पास ही नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नियत से आईईडी बम भी लगा रखा था जिसे बरामद कर नष्ट कर दिया गया है पूरे क्षेत्र में सर्च अभियान जारी है

इसमें डॉक्टरों के अलावा नर्स और अन्य स्वास्थ्य कर्मी राष्ट्रीय युवा केन्द्र एनसीसी और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के स्वयंसेवक तथा पूर्व सैन्य कर्मी शामिल हैं

हजारीबाग के मेरू स्थित सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं विद्यालय द्वारा सैनिटाइजेशन चेंबर का निर्माण कराया गया है